प्रधानमंत्री कोरोना वायरस महामारी से निपटने में देश की प्रगति की समीक्षा करेंगे इस दौरान आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के लिए और रियायतें देने के बारे में भी विचार विमर्श होने की संभावना है देश में लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंतिम सप्ताह को देखते हुए आगे का रोडमैप तैयार करने की दृष्टि से यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है मुख्यमंत्री विशेष रेल मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा है कि बाहरी राज्यों फंसे हिमाचल के लोगों को वापिस लाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है उन्होंने कल शिमला में बताया कि केन्द्र ने देश के अन्य राज्यों में फंसे हिमाचल के लोगों को वापिस लाने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति दे दी है उन्होंने बताया कि बेंगलूरू में फंसे प्रदेश के लोगों को लाने के लिए आज बेंगलरू से ऊना के लिए एक विशेष रेलगाड़ी चलेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र गुजरात पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों से भी ऐसी ही रेल सेवा शुरू करने का आग्रह करने पर सरकार विचार कर रही है ताकि वहां फंसे हिमाचल के लोगों को सुविधा मिल सके मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों को घर भेजने से पहले क्वारंटीन अवधि में रखा जाएगा

हमारे जिला संवाददाता विकास ठाकर ने बताया कि ये तीनों व्यक्ति होम क्वारंटाइन में थे और आज इन्हें चम्बा के आयुर्वेदिक अस्पताल बालू में भर्ती किया जाएगा

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बढ़ते आंकड़ों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दिव्य हिमाचल व दैनिक भास्कर के एक जैसे शब्द हैं हिमाचल में कोरोना के छह नए केस इनमें तीन चंबा से दो बिलासपुर और एक कांगड़ा से

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है सीमा पर ही क्वारंटाइन होंगे बाहर से आने वाले हिमाचल दस्तक के शब्द हैं बाहर से लौटने वाले नहीं जाएंगे घर पंजाब केसरी की एक खबर है शिमला में क्वारंटाइन सैंटर की खिड़की से छलांग लगाकर नेपाली महिला फरार पुलिस ने दर्ज किया मामला कम पेंशन होने से आहत मिल्कफेड के पूर्व कर्मी ने फंदा लगाकर दे दी जान शीर्षक से अमर उजाला लिखता है नाहन में घटना सुसाइड नोट पर परिवार का गुजारा न चलने का हवाला मामला दर्ज

मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है हिमाचल में आंधी बारिश से भारी नुकसान शिमला में आसमानी बिजली गिरी मां बेटे समेत चार झुलसे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

नमस्कार